सत्ता पक्ष और विरोधियों के बीच आरोप प्रत्यारोप हुआ तेज

लोकसभा चुनाव के लिए लोजपा ने जारी किया अपना घोषणा पत्र

लोकसभा के पहले और दूसरे चरण में होने वाले चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से प्रचार में तेजी आ गयी है सत्तापक्ष और विरोधियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार मंगलवार को समाप्त हो जायेगा इस चरण में बीस राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की इक्यानवे सीटों के लिए ग्यारह अप्रैल को वोट डाले जायेंगे प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेन्द्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में एक जनसभा को संबोधित करते हये कहा कि जल्द ही भारत में फोन की सुविधा निःशुल्क हो जायेगी उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने पिछले पांच सालों के दौरान विकास के जो कार्य किये हैं उससे भारत में नई क्रांति आयी है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जमुई के चकाई में लोजपा उम्मीदवार चिराग पासवान और भागलपुर में जदयू उम्मीदवार अजय कुमार मंडल के पक्ष में चुनावी रैलियों को संबोधित किया मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने अपराध और भ्रटाचार से कभी समझौता नहीं किया और राज्य में न्याय के साथ विकास हो रहा है राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने शेखपुरा में रालोसपा प्रत्याशी भूदेव चौधरी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुये आरोप लगाया कि पिछले चूनाव में रोजगार के जो वादे किये गये थे वे अभी तक पूरे नहीं किये गये भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने औरंगाबाद में पार्टी प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह के पक्ष में प्रचार करते हुये कहा कि एनडीए की सरकार ने देश में शांति और सुरक्षा के साथ विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया है निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों उम्मीदवारों और अन्य संगठनों पर चुनाव के सभी चरणों में मतदान के दिन और एक दिन पहले बिना आयोग की अनुमति के प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित कराने पर रोक लगा दी है बाईट लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए चुनाव आयोग लगातार प्रयास कर रहा है मतदान के दिन और उससे एक दिन पहले कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना विज्ञापन प्रकाशित नहीं करवा सकता आयोग ने कहा कि मतदान से ठीक पहले इस तरह के विज्ञापन समूची चुनाव प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं निर्वाचन आयोग ने कहा है कि ऐसे विज्ञापनों से प्रभावित होने वाले राजनीतिक दल और उम्मीदवारों को स्पष्टीकरण देने का मौका नहीं मिलेगा आयोग ने इस सम्बन्ध में राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को पत्र लिखा है और सभी राजनीतिक दलों उम्मीदवारों और अखबारों को निर्देश जारी करने को कहा है दीपेन्द्र कुमार आकाशवाणी समाचार लोक जनशक्ति पार्टी ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया पार्टी प्रमुख रामविलास पासवान ने घोषणा पत्र जारी करते हुये कहा कि काम के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकार में जोड़ा जायेगा घोषणा पत्र में संसद और विधानसभा में महिलाओं को तैंतीस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने का भी वादा किया गया है इस अवसर पर श्री पासवान ने बिहार की सभी चालीस लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत का दावा करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार देश के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा कल अपना घोषणा पत्र जारी करेगी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने आज नई दिल्ली में कहा कि घोषणा पत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा और देश का सर्वांगीण विकास प्राथमिकता होगी उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र ईमानदार सरकार महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता महिला सशक्तीकरण और अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित होगा श्री जेटली ने कहा कि घोषणा पत्र में आगामी पांच वर्षो में भाजपा की प्रतिबद्धता को भी उजागर किया जाएगा उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में गरीबों और मध्यम वर्ग का कोई जिक्र नहीं किया गया है कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए आज अब होगा न्याय के नारे के साथ अपना देशव्यापी प्रचार अभियान शुरू किया नई दिल्ली में पार्टी का प्रचार अभियान शुरू करते हुये कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आज देश को काम दाम और न्याय की जरूरत है उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने दो हजार चौदह में लोगों से जो वादे किये थे वे खोखले साबित हुये हैं उच्चतम न्यायालय में सभी पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आरटीआई के तहत लाने की याचिका दायर की गई है भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि जनप्रतिनिधि कानून की धारा उनतीस सी के अनुसार राजनीतिक दलों को मिलने वाले दान की जानकारी निर्वाचन आयोग को दी जानी चाहिए याचिका में उच्चतम न्यायालय से सभी पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को चार सप्ताह के भीतर आरटीआई कानून दो हजार पांच के तहत सूचनाओं का खूलासा करने का निर्देश देने की अपील की गई है पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश हुई है पश्चिम चम्पारण के गौनाहा में पचपन दशमलव छह मिलीमीटर पूर्णियां में चौबीस दशमलव पांच कमतौल में इक्कीस दशमलव छह रामनगर में उन्नीस दशमलव आठ चनपटिया में उन्नीस दशमलव चार मिलीमीटर के साथ त्रिवेणी और बाल्मिकी में अठारह दशमलव चार मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी है आंधी पानी से आम और लीची की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश में कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है इस दौरान उत्तर और पूर्वी बिहार के ज्यादातर क्षेत्रों में साठ से सत्तर किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है पटना के मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अगले पांच दिनों तक मौसम में परिवर्तन जारी रहेगा बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोक सभा चूनाव के दूसरे चरण में अठारह अप्रैल को मतदान होगा यहां से एनडीए और महागठंबधन को मिलाकर कुल बीस प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट डिस्पैच बांका लोक सभा सीट पर मुख्य मुकाबला महागठबंधन से राजद के निवर्तमान सांसद जयप्रकाश नारायण यादव और एनडीए प्रत्याशी जद यू के विधायक गिरिधारी यादव के बीच माना जा रहा है वहीं भाजपा से बागी पूर्व सांसद निर्दलीय प्रत्याशी पुतुल कुमारी के अलावा बसपा से रफीक अंसारी और झामुमो से पूर्व विधायक राज किशोर प्रसाद उर्फ पप्पू यादव के चुनाव मैदान में उतरने से मुकाबला रोचक हो गया है इस सीट पर दिग्विजय सिंह और पुतुल कुमारी के रुप में भाजपा समर्थित उम्मीदवार जीतते रहे हैं कांग्रेस ने सबसे अधिक छह बार और जनता दल ने दो बार इस सीट पर कब्जा जमाया है इधर सभी दलों के स्टार प्रचारकों और प्रत्याशियो ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी राजद के तेजस्वी प्रसाद यादव की चुनावी समाएं हो चुकी हैं यहां लोकसभा चुनाव के लिए तेरह लाख उनहत्तर हजार दो सौ इक्कीस मतदाता हैं स्वतंत्र निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर लगातार कदम उठाये जा रहे हैं आकाशवाणी समाचार के लिए बांका से बिदु शेखर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नित्यानंद राय कल समस्तीपुर के उजियारपुर से पार्टी प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन करेंगे इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री राधामोहन सिंह और रविशंकर प्रसाद के साथ उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी उपस्थित रहेंगे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड के कई गावों में जिलाधिकारी अनिरूद्ध कुमार और पुलिस अधीक्षक मीनू कुमारी ने लोगों से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की बेगूसराय में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए समाहरणालय से दिव्यांगों ने ट्राई साईकिल जागरूकता रैली निकाली जिलाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि जिले में उनतीस अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है दरभंगा के लहेरियासराय में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से स्कूली बच्चों ने साईकिल रैली निकाली प्रदेशभर में आज चलाये गये अभियान के दौरान बीस हथियार चालीस कारतूस और छह बम बरामद किये गये भोजपुर जिले के सहार थाना क्षेत्र के अरवल सहार पुल पर दो वाहनों के बीच हुयी टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी सीवान जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खूरमाबाद गांव में घर की दीवार गिरने से एक बच्ची की दबकर मौत हो गयी जबकि दो अन्य घायल हो गये वैशाली जिले के पातेपुर थाना क्षेत्र के मालपुर गांव के पास तालाब में स्नान के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गयी जबकि चार अन्य को लोगों ने बचा लिया

सत्ता पक्ष और विरोधियों के बीच आरोप प्रत्यारोप हुआ तेज

लोकसभा चुनाव के लिए लोजपा ने जारी किया अपना घोषणा पत्र